बैठक में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई गौरतलब है कि कल उनका निधन हो गया था प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है आज राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और सभी राजकीय कार्यालयों में अवकाश है भंवर लाल मेघवाल का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ चूरू जिले के सुजानगढ़ में किया जाएगा मास्टर भंवरलाल मेघवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे

प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी

यह भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लीनिकल परीक्षण है भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृ ति दे दी है कोवैक्सीन के पहले और दूसरे क्लीनिकल परीक्षण में एक हजार विषयों का विश्लेषण किया गया था भारत बायोटेक आईसीएमआर और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है कोरोना काल में प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा सुचारू करने और अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने अब शिक्षा नही रुकेगी आओ घर से सीखें अभियान शुरू किया है हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत विद्यार्थी विभाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर सकेंगे इस नई पहल से हनुमानगढ़ जिले के करीब पौने दो लाख बच्चों को फायदा होगा अभियान के तहत सतत पर्यवेक्षण और प्रबोधन द्वारा गुणवत्तापूर्णशिक्षा के लिए सार्थक प्रयास किया जाएगा इस अभियान के तहत छात्र शिक्षकों से फोन पर भी अपने सवालों के जवाब जान सकेंगे वहीं वाट्सएप पर भी छात्रों को डिजिटल पाठ्य सामग्री भेजी जाएगी

उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अम्बर दुबे ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में विशेषकर ऊर्वर कृषि टिड्डी नियंत्रण और फसल पैदावार में सुधार के लिए ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी

प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया है कई स्थानों पर सुबह देर तक कोहरा देखा जा रहा है